राइट ट्र हेल्थ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं है नागरिकों का सबसे बड़ा अधिकार प्रादेशिक समाचार एकांश की विशेष श्रृंखला मध्यप्रदेश में महात्मा में कल सुनिये बापू के कटनी प्रवास के संस्मरण

बैठक में मप्र सहित सात राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया

इस मौके पर आज भोपाल में मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में आयोजित मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौशल विकास के लिये राजधानी भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया जायेगा

कार्यकम का शुभारम्भ गोंड जनजातीय शैला नृत्य और गुदुमबाजा के साथ होगा इसके अलावा दो और तीन नवम्बर को रवीन्द्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में लोकनृत्य गायन सितारवादन सहित अन्य प्रस्तुतियां होंगी जिला स्तर पर भी आज स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित हुए राज्य के नीमच रायसेन टीकमगढ़ देवास निवाड़ी गुना खंडवा राजगढ़ अशोकनगर छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों में भी स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने के समाचार मिले हैं

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की इसके साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है

छठ पूजा पर्व को ऐच्छिक अवकाश की सूची में सम्मिलित किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज यह आदेश जारी किया गया

इस दो दिवसीय कॉन्क्लेव का शुभारम्भ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मानव अधिकारों में सबसे बड़ा मूल अधिकार है नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना उन्होंने कहा कि चिकित्सा का व्यवसाय मानव सेवा से जुड़ा हुआ है इससे जुड़े जितने भी लोग है वे नौकरी के रूप में नहीं बल्कि समाज सेवा के रूप में काम करें उन्होंने कहा चुनौतियों का सामना करते हुए हमें लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाना है इस कॉन्क्लेव में विभिन्न सत्रों में स्वास्थ्य से जुड़े लगभग सभी मुद्दों पर विषय विशेषज्ञ ने विचार मंथन किया इस कॉन्क्लेव में आध्यात्म एवं स्वास्थ्य समग्र अभिव्यक्ति और समग्र स्वास्थ्य सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के लिये वैकल्पिक वित्तीय मॉडल विषय पर विचार विमर्श किया जायेगा राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने के लिये इस कॉन्क्लेव में व्यापक रूप से विचार विमर्श कर उपयुक्त ड्रॉफ्ट तैयार किया जायेगा कर्मचारी सम्मान मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि यह परिवर्तन का दौर है पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं ऐसी परिस्थिति में मध्यप्रदेश की देश में एक अलग पहचान बनाने के लिए हम सबको देश और दुनिया में हो रहे परिवर्तन से जुड़ते हुए अपने नजरिये और सोच में परिवर्तन लाना होगा श्री कमल नाथ आज भोपाल में मंत्रालय स्थित सरदार पटेल पार्क में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपना काम करें मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अधिकारियों कर्मचारियों को मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास का संकल्प दिलवाया मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरस्कृत किया

बारिश में बर्बाद हुई फसलों का किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है और न ही खेती के लिए पर्याप्त बिजली मिल पा रही है

उन्होंने कहा कि इस किताब को पढ़ने से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा